सरकार और किसानों के बीच यह छठें दौर की बातचीत होगी बैठक में किसान कानूनों के आलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुडे कानूनों पर भी चर्चा होगी जावडेकर इंदौर देश में चार बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुके इंदौर के स्वच्छता मॉडल को अब देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा इसके लिए इंदौर मॉडल पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन भी होगा यह बात केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही वह इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं

वे कल होशंगाबाद के पंवारखेड़ा में आयोजित जैविक उन्नत क षि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहीं थी राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर अमल करें इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल रासायनिक सामग्री के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी जहरीली हो गई है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उसी का प्रतिफल है इसलिए सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यालयीन समय में भूमि उपचार के लिए बहिरंग व्यवस्था ओपीडी चलाई जायेगी कृषि वैज्ञानिक गाँवो में जाकर चौपाल लगाकर किसानों को परामर्श देंगे इसके लिए टोल फ्री हैल्प लाइन भी संचालित की जाएगी

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह टीके विफल होंगे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोविड के नये रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रमावी हो जायें

यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई

कमलापति कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कल रानी कमलापति की प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए कहा कि भोपाल में प्रतिवर्ष रानी कमलापति की स्मृति में कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश के गोंडवाना अंचल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे

जिला वर्ग श्रेणी में खरगोन जिले की वेबसाईट पूरे देश में सबसे अच्छी आंकी गई है सबसे उत्कृष्ट वेबसाइट के तौर पर चुनी गई इस वेबसाइट के लिए राष्ट्रपति द्वारा कलेक्टर अनुग्रह पी को प्लेटीनम अवार्ड दिया जाएगा जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिल्ली में प्रदान किया जाना था लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जिन जिलों या स्थानों के विभागों का सम्मान होना है वे अपने अपने राजधानी स्थल पर ही लाइव व डिजीटल माध्यम से अवार्ड लेंगे वाहन एयरबैग यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नये वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है

तानसेन समारोह संगीत की नगरी ग्वालियर में आयोजित पांच दिवसीय तानसेन समारोह का आज समापन होगा

इस सभा में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कृशवाह भी मौजूद रहेंगे इस संगीत सभा में पं जगत नारायण शर्मा का पखावज वादन हेमांग कोल्हटकर का गायन एवं सोमबाला सातले कुमार का धूपद गायन होगा सभा के प्रारंभ में तानसेन संगीत कला केन्द्र एवं सारदा नाद मंदिर ग्वालियर का धूपद गायन होगा

उन्होंने अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया